राज्यभर में मॉनसून और कोरोना को देखते हुए शुरू किया गया व्यापक स्वच्छता अभियान

उन्होंने घर घर जाकर गहन जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया था

वहीं राज्य सरकार ने दीदियों बहनों द्वारा पहचाने गए विभिन्न रोगों से पीड़ित उच्च जोखिम वाले लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच करने का निर्णय लिया है

स्वास्थ्य विभाग े द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक एक हजार नौ सौ छह लोग स्वस्थ चुके हैं

श्री सोरेन ने टिवटर के माध्यम से कहा कि भले हमारे राज्य में स्वस्थ होने की दिषा में तेजी से बढ़ रहे हैं मगर देश में संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए हमें और अधिक सतर्क होने की जरुरत है मुख्यमंत्री ने लिखा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार को कुछ कठोर फैसले लेने पड़े जिनके कारण हम सभी को कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ी लेकिन जिस जज्बे साहस एवं धैर्य के साथ सभी ने इस संक्रमण का अब तक सामना किया है वह काबिले तारीफ है राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराने की दिषा में प्रयास तेज कर दिया है झारखंड के तीन जिलों हजारीबाग गोड्डा व गिरिडीह में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग पचीस हजार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देष दिये गये हैं मुख्य सचिव सुखदेव सिंह कल इस अभियान की समीक्षा कर रहे थे

जिन्हें हर हाल में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा मुख्य सचिव ने तीनों जिलों के उपायुक्तों उप विकास आयुक्तों और विभागीय पदाधिकारियों को केंद्र की गाइडलाइन का हर हाल में अनुपालन सुनिष्यत करने को कहा है

कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है